बजट में किसानों को भरपूर सौगातें दी गयी हैं

बजट में बताया गया कि युवाओं के लिए स्व रोजगार के नए अवसर सृजित कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना शुरू की जाएगी इसी तरह सभी आंगनवाड़ियों के अपने भवन होंगे

सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और खाद्य आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह के साथ आयोजित संयुक्त बैठक में कल यह निर्णय लिया गया श्री पटेल ने किसानों को मैसेज भेजने के साथ एक दिन में खरीदी की मात्रा बढ़ाने के निर्देश दिये गये

इस सम्मलेन में सिवनी जिले की महिला उद्यमी दीपमाला नंदन ने हिस्सा लिया

नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने आकाशवाणी को बताया कि सुख चुके नालों में इस तरह की गतिविधियों का आयोजन कर नागरिकों को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि इन नालों में फिर गंदगी नहीं की जाए

गौरतलब है कि नगर निगम ने घरों और संस्थानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नालों में मिलने से पूरी तरह रोक दिया गया है नतीजन शहर के अनेक बदबूदार नाले पूरी तरह सूख चुके हैं प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना के नये मामलों में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है

इसके पहले कल उनकी पार्थिव देह विमान द्वारा भोपाल लाई गई यहां अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रखा गया इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान प्रदेश प्रभारी मुरलीघर राव प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित अनेक नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धासुमन अर्पित किए श्री चौहान का कल दिल्ली के एक अस्पताल में लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया था

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा

इस यात्रा ने कल इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय होलकर विज्ञान महाविद्यालय और श्री गोविंदराम सेकसरिया अभियांत्रिक महाविद्यालय का भ्रमण किया